मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज़ हसैन व अन्य दलों के नेताओं ने आज कई जन सभायें की

श्री जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय दिल्ली में प्रदषण को कम करने के लिए इस क्षेत्र के इर्द गिर्द एक्सप्रेस वे सहित बेहतर वायू गुणवता के लिए कई कदम उठाये है मंत्री ने कहा कि नए मोटर वाहन अधिनियम के कारण प्रदषण की जांच की जा रही है

हरियाणा के पूर्व वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रो सम्पत सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है हिसार में पत्रकारों को सम्बोधित करते हये सम्पत सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर सीटों की घेराबंदी करने और टिकट बेचने का आरोप लगाया

इसके साथ ही सम्पत सिंह कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हड़डा ने हिसार जिले की भी सभी सात सीटों पर समर्थन नहीं ज्टाया जिस कारण उन्हें टिकट नहीं मिला सम्पत सिंह ने क्लदीप बिश्नोई पर भी उनकी टिकट बटवाने का आरोप लगाया उन्होंने यह भी कहा कि वह क्लदीप बिश्नोई का हटाने के लिए आदमप्र हलके में अपने हज़ारों समर्थकों के साथ उत्पेंगे और नलवा व फतेहाबाद हलकों में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध मे प्रचार करेंगे

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पांच दिवसीय इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी समारोह के पूर्ण सत्र में राष्ट्राध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रम्ख और निजी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी भाग लेंगे

विधानसभा चुनाव को लेकर जहाँ प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है वहीं करनाल सहित प्रदेश की सीमा के साथ लगते जिलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है यहां सीमावर्ती नाकों पर सीसी टीवी कैमरों से कड़ी नजर रखी जा रही है

जो आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी उन्होंने बताया कि करनाल पुलिस के इलावा अर्धसैनिक बलों की पांच बटालियन की मांग की गई है जिनमें से एक बटालियन गई है उन्होंने बताया कि करनाल में चौदह बूथों को सर्वेदन शील घोषित किया गया है इन जगहों पर स्रक्षा के प्ख्ता इंतजाम किए जाएंगे उन्होंने बताया कि पुलिस ने अतिवांछित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है

आकाशवाणी के समाचार प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पिब्लक स्पीक का विषय है जल शक्ति अभियान और जल संरक्षण यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज़ हो गया है सभी पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता और उम्मीदवार जनता के बीच जाकर कर अपने पक्ष मे वोट देने के लिए अपील कर रहे है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बेरी में बीजेपी प्रत्याशी विक्रम कादियान और बरवाला में सुरेन्द्र प्निया के पक्ष में च्नावी रैली की मुख्यमंत्री ने दावा किया िक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उन्होंने अपने पांच वर्ष के किए गये काम काज को मूल्यांकन के लिए लोगों के सामने रखे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश हित में उठाये गये कदमों की की चर्चा की